राज्य में आठ लोगों की इस महामारी से मौत हई है

कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या सौ से पार हो गयी है

जामताड़ा जिले के समाहरणालय के मुख्य द्वार पर फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है यहां आने वाले पदाधिकारियों समाहरणालय कर्मियों और अन्य लोगों को अब सैनिटाइजर मशीन से सैनिटाइज होकर गुजरना पड़ रहा है मषीन से सोडियम हाइपो क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है जिले के उपायुक्त गणेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए समाहरणालय मुख्य द्वार में फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन लगाई गई यह मशीन आज से काम करना शुरू कर दी है यहां पदाधिकारियों कर्मियों अन्य लोगों का लगातार आना जाना लगा रहता है इसलिए समाहरणालय में एहतियात के तौर पर फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन की व्यवस्था की गई है

उपायुक्त अमित कुमार के निर्देश पर श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई सैनिटाइजर से हैंड वॉश कराए गए और मास्क भी दिये गये

श्रमिकों को फूड पैकेट और पानी देकर उन्हें संबंधित जिले में बसों से रवाना किया गया हजारीबाग जिले में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं कोई नाटक के माध्यम से कोई गीत के माध्यम से तो कोई चित्र के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश देने का प्रयास कर रहा है इसी क्रम में हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ के रहने वाले गीतकार और संगीतकार अरविंद पटेल तथा दीपक सागर ने खोरठा गीत की रचना की है इस गीत के माध्यम से लोगों को घर में सुरक्षित रहने सैनिटाइजर का उपयोग करने मास्क लगाने दूरी बनाने और बार बार हाथ धोने का संदेष दिया जा रहा है ताकि लोग इस रोग के संक्रमण से बचाव कर सके

बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और तैयारी की समीक्षा की गई

बड़े शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर परीक्षण बढ़ाने के साथ साथ दैनिक मामलों की चरम स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए बेड और सेवाओं की संख्या पर चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने शहर और जिलेवार अस्पताल और पृथक बिस्तरों की आवश्यकताओं पर अधिकार प्राप्त समृह की सिफारिशों का संज्ञान लिया उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से आपातकालीन योजना बनाने का निर्देश दिया

सूंघने और स्वाद की क्षमता खत्म होने को कोरोना वायरस संक्रमण के नए लक्षणों में शामिल किया गया है

मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण के मध्यम स्तर में हैं और ऑक्सीजन पर हैं कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ रही है हाइड़ोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरूआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीडित मरीजों को यह नहीं दी जानी चाहिए

बोकारो जिले में इलेक्ट्रो स्टील वेदांता द्वारा सैकड़ों कामगारों और ठेका मजदूरों को काम पर आने से रोक दिया गया वहीं कई की छटनी भी कर दी गई थी उपायुक्त मुकेश कुमार ने वेदांता प्रबंधन को जुलाई के अंत तक सभी कामगारों और ठेका मजदूरों को काम पर वापस लेने और लॉक डाउन की अवधि का बकाया वेतन देने का निर्देश दिया है उपायुक्त ने कल वेदांता स्टील के अधिकारियों के साथ बैठक की उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का जिले के सभी औद्योगिक इकाइयों को पालन करना पडेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केन्द्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिखकर कोयला और अन्य खनिजों की व्यवसायिक नीलामी पर छह से नौ महीनों तक रोक लगाने का आग्रह किया है

इतना ही नहीं आज निवेषक आर्थिक संकट के दौर से भी गुजर रहे हैं इस वजह से भी नीलामी का उद्देष्य पूरा नहीं हो सकेगा

जिले में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक रवीन्द्र क्मार सिंह ने बताया कि सभी के खाते में राशि भेज दी गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस महीने प्रसारित होने वाले आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजें

उन्होंने कहा कि हालांकि यह कार्यक्रम दो हफ्ते बाद प्रसारित किया जाना है लेकिन लोग अपने विचार फोन पर रिकार्ड करा सकते हैं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

मौसम विभाग के रांची केन्द्र के निदेषक एसडी कोटाल ने आकाशवाणी को बताया कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आये चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते मानसून तय समय से दो दिन पूर्व ही झारखंड पहंच गया है श्री कोटाल ने बताया कि केरल में इस वर्ष एक जुन को पहंचा दक्षिण पश्चिम मानसून ओड़िशा और पश्चिम बंगाल होते हुए शुक्रवार को राज्य में प्रवेश कर गया था और आज इसने राजधानी रांची समेत लगभग पूरे झारखंड राज्य में दस्तक दे दी है मानसून के चलते राज्य भर में अगले पांच दिन तक गहरे बादल छाये रहने तथा मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है

पिछले दो दिनों से मौसम में बदलाव के कारण राज्य के लगभग हर हिस्से में लोगों को बढ़ती गर्मी की लहरों से राहत मिली है